राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्यन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी इस कॉनक्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्पलीमेन्टेशन भी होगा शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी

जैसी स्किल चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है

अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ स बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हाथ से बनी वस्तुओं के अधिक से अधिक इस्तमाल की अपील की प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं इस उद्योग से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है मेरठ में बने हुये हथकरघा उत्पादों की देश ही नहीं विदेश में भी मांग रहती हैं एक रिपोर्ट मेरठ की महिला और पुरुष कारीगर ट्रेडिशनल रूप से अपने हाथों से हैंडलूम के दरी कालीन आदि तैयार कर रहे हैं कई वर्षो से महिला और प्ररुष इस रोजगार में लगे हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनके हाथों की कारी गिरी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व तक पहुंच रही है

बहुत ही उन्नत किस्म का कपड़ा हमारे पास टेक्सटाइल यूनिट में या वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है भारत सरकार राज्य सरकार काफी सारे क्षेत्रों में मदद कर रही है

शारदा एक्सपोर्ट के डायरेक्टर आदित्य गुप्ता बताते हैं मशीन में एक तो बनता है दुनिया में लेकिन इंडिया से हाथ की बनी हुई चीजों का वैल्यू करते है मार्केट्स में लेकिन इसकी जो डिजाइनिंग है इसकी जो क्वालिटी है पैरामीटर्स है इसकी जो पूरी सप्लाई चैन मैनेजमेंट है नये पूरे आडेट सारी चीजों की चेकिंग सारे जो अच्छे ब्रांड है उनको सब तरीके की आपकी आडिट्स चाहिये कि आपके इंवारमेंटल फ्रैंडली हो क्लीन हो आपकी लेबर पालिसीस ठीक हो आपकी सोशल पालिसीस ठीक हो तो इन चीजों का बड़ा एक खुबसूरत सा एक मिश्रण होता है इस बिजनेस में ट्रेडिशनल रूप से बनी हैंडलूम की वस्तुएं हमारी संस्कृति को भी दर्शाती हैं निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन बात प्रत्येक देशवासी के मन को छू कर स्वदेशी अपनाने के प्रति जागरूक करेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी संभावनाओं को गति देने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्रथमिकता है श्री योगो आज लखनऊ में एमएसएमई इकाइयों के लिये आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस असवर पर उन्होंने अट़ठान्बे हजार सात सौ तैंतालीस नवीन एमएसएमई इकाइयों को दो हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ रूपये के ऑनलाइन ऋण वितरित किये

उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिये पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ हर स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है

मुख्यमंत्री ने लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी आजमगढ़ प्रयागराज गोरखपुर और बरेली में विशेष सतर्कता बरतते हुये यहां चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने के भी निर्देश दिये थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएमनरवणे ने आज लखनऊ छावनी स्थित मुख्यालय मध्य कमान का दौरा कियां सेना जनसम्पर्क कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर उन्होंने आपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और मध्य कमान के कार्यों की सराहना की सेनाध्यक्ष ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की

प्रदेश में पिछले चौबीस घटों के दौरान चार हजार चार सौ छाछठ नये कोरोना मामले दर्ज होने के बाद अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या चौवालीस हजार पांच सौ तिरसठ हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक छाछठ हजार आठ सौ चौंतीस मरीज ठीक हुये हैं कोरोना बीमारी से कुल मृतकों की संख्या एक हजार नौ सौ इक्यासी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के मामले में राज्य में तीन लाख पचास हजार छह सौ सैंतालीस लोगों को नामजद किया गया है बुंदेलखंड मे आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत अन्ना पशुओं की समस्या से निजात दिलाने और गोवंश संवर्धन के लिये गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है

सभी पशू पालक भाइयों से निवेदन है प्राय देखा जाता है कि लोग अपने निजी उद्देश्य जब पूरा हो जाता है तो उसको निराश्रित मान करे अन्ना कह दिया जाता है हम सब लोगों को मिल जुल करके रोकना है ताकि सरकार का सपना साकार हो सके बाइट लाभार्थी किसान कहते हैं कि मेरा नाम आनंद कुमार है अन्ना पशु जो घूम रहा है उसकी रखवाली के लिये उस किसान को रात दिन एक कर देना पड़ता है और मोदी जी ने कदम उठाये है जो गांवों में गौशालाएं बनवा रहे हैं उसके लिये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद आत्मनिर्भर अभियान योजना से गांव गांव गौशाला बन जाने से जहां किसानों की मेहनत का सही उत्पादन मिलेगा वही गौवंशों को भी उचित संरक्षण उनका रखरखाव हो सकेगा